पीएम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी उपयोग और असामाजिक तत्वों द्वारा इसके गलत इस्तेमाल से विश्व की रक्षा पर बल दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के प्रति भरोसा स्थापित करने में गणना संबंधी पारदर्शिता महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हई इस बैठक में श्री देवड़ा ने मध्यप्रदेश के हित में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये बैठक में मुख्य रूप से जीएसटी क्षतिपूर्ति देने के लिए वर्तमान में लगाए जा रहे सेस की अवधि को बढ़ाए जाने और कंपनसेशन राशि के वितरण आदि के मुद्दों पर प्रमुख रूप से विचार किया गया

इनमें सुरक्षित दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना सुनिश्चित किया गया है दिशा निर्देशों का दूसरा भाग शैक्षिक पहलुओं और महामारी के बीच शिक्षण पद्धतियों से संबद्ध है दिशा निर्देशों में लॉकडाउन के दौरान घर पर आधारित स्कूली शिक्षा से स्कूल प्राधिकारियों द्वारा औपचारिक स्कूल शिक्षा में सुचारू परिवर्तन पर बल दिया गया है सीखने के परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए इन दिशा निर्देशों में पूरे वर्ष के लिए गतिविधियों के व्यापक वैकल्पिक कैलेंडर बनाने की आवश्यकता बतायी गई है शिक्षकों से कहा गया है कि वे आईटी टेक्नोलॉजी के अपने कौशल को बढाये ताकि कक्षा में उसका समुचित इस्तेमाल किया जा सके

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल मुरैना जिले के मुरैना सुमावली और जौरा विधानसभा क्षेत्रों के मण्डल कार्यकर्ताओं की बैठक ली इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए श्री तोमर ने कहा कि भाजपा रणनीति के अनुसार प्रत्याशी घोषित करेगी वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने धार जिले में बदनावर विधानसभा के बखतगढ़ में आयोजित मंडल सम्मेलन को संबोधित किया श्री कुलस्ते ने कहा कि केन्द्र सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार ने आदिवासी समाज के लिए कई योजनाएं बनाई जिससे आदिवासी समाज निरंतर प्रगति की ओर बढ रहा है उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारों ने गरीब किसान मध्यम वर्ग आदिवासियों सहित सभी वर्गो की हमेशा चिंता की है उधर कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दतिया जिले के भांडेर में पार्टी प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने भाजपा पर कांग्रेस सरकार गिराने का आरोप लगाया पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने देवास जिले के हाटपिपल्या में कल चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया स्वीप अभियान इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को जागरुक करने के लिये स्वीप अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे

उधर खंडवा जिले के मांधाता में उपचुनाव के लिये कल से मतदान दलों का प्रशिक्षण शुरू हो रहा है वहीं ग्वालियर में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ईवीएम का पहला रेंडमाइजेशन कल संपन्न हुआ गुना में मतदाता जागरूकता के लिये कल बमौरी विधानसभा क्षेत्र में बाइक रैली का आयोजन किया गया वहीं दीवारों पर जागरूकता के स्लोगन भी लिखे जा रहे हैं आगरमालवा में कल ईवीएम का पहला रेंडमाइजेशन हआ रायसेन जिले में भी विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिये थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है उप चुनाव कान्फ्रेंस भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल पुलिस मुख्यालय भोपाल में ऑब्जर्वर ब्रीफिंग सम्पन्न हुई वीडियो कांन्फ्रेंसिंग में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने कहा कि प्रदेश में चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ सुरक्षित मतदान सम्पन्न कराये जायें

कोविड निर्देश प्रदेश में त्योहारों और धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए गृह विभाग द्वारा नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं गृह विभाग ने पहले के उस आदेश को वापस ले लिया है जिसमें राज्य सरकार ने विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित होने वाली मूर्तियों और ताजियों की ऊंचाई को निर्धारित किया था

निर्देशों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी

परीक्षा संबंधी विस्तृत विवरण विभाग की इसी वेबसाइट पर उपलब्ध है ड्राईविंग स्कूल प्रदेष की आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि डिंडौरी जिले के बरगांव स्थित जनजाति कल्याण केंद्र जनजातीय क्षेत्रों में षिक्षा स्वास्थ्य स्वालंबन संस्कृति जैविक कृषि गौसेवा खेल कृद और विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में काम कर रहा है सुश्री सिंह कल बरगांव में रानी दर्गावती ड्राईविंग स्कूल के श्भारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी

अबुधावी में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ होगा

उनकी पार्थिक देह आज रात पैतृक गांव लाई जाएगी